प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर फिर तेज हुआ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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि लोगों को बिना किसी धर्म जाति और सम्प्रदाय के भेदभाव के मताधिकार मिला है इसमें गरीब और अमीर का कोई अंतर नहीं है श्री कोविंद ने कहा कि इसके लिए हम देश के संविधान के निर्माताओं के ऋणी हैं कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

इस मौके पर केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई एपिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पांच नये मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए ई एपिक फोटायुक्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप है और इसे वोटर हेल्पलाइन एप तथा वेबसाइट पर देखा जा सकता है

प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर कहा कि प्रत्येक मतदाता जागरूक बने और सोच समझकर मतदान करे इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया गया साथ ही प्रदेश में ई इपिके का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम में सिरोही के जिला कलक्टर को राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के सिलसिले में जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम हुये जालौर राजसमंद और सवाई माधोपुर में हुए कार्यक्रमों में भी मतदान की शपथ दिलाई गई भरतपूर टोंक और बांसवाड़ा में बीएलओ को सम्मानित किया गया श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों और धौलपुर में पुलिस कर्मियों को मतदान की शपथ दिलाई गई अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में मतदाताओं को ई इपिक की जानकारी दी गई साथ ही नये पंजीकृत मतदाताओं को एपिक कार्ड दिये गये

राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में होगा समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और स्टेडियम तथा शहर के प्रमुख स्थानों पर सात हजार पुलिस कर्मी और अधिकारी तैनात किये गये हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में भी ध्वजारोहरण किया जायेगा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीरता पुरस्कार पोर्टल के एक नए संस्करण की शुरूआत की यह पोर्टल भारत के वीरता पुरस्कार विजेताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए वन स्टॉप वर्चअल प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा

ये पुरस्कार नवाचार शिक्षा खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिये गये है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वार्ल बच्चों की सराहना की आज पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं

इन सभी नगर निकायों में कल शाम चनाव प्रचार थम जायेगा भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ नेता भी अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिये मेहनत कर रहे हैं

आरोपी ने परिवादी से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के क्लेम के लिए सही रिपोर्ट बनाने तथा क्लेम की राशि पास कराने की एवज में चार लाख रूपये की मांग की

इस कार्यक्रम के लिये श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

मौसम विभाग ने प्रदेश में उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण बीकानेर और जयपुर संभाग के जिलों में आज से तीन दिन तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है